और पटना से काठमांड् के लिये आज से शुरू हो रही है रात्रि बस सेवा

नगर आयुक्त संजय दुबे ने इससे संबंधित मामले में सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया नगर निगम ने कहा कि इस भवन के निर्माण में बिल्डिंग बायलॉज का उल्लंघन किया गया है रेलवे की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और ट्रेन सेवा बाधित करने वाले अब चुनाव नहीं लड़ सकेंगे रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक अरुण कुमार ठाकुर ने पटना में पत्रकारों से कहा है कि रेलवे की सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाने और जबरन ट्रेन रोकने वालों के खिलाफ रेलवे ऐक्ट की धारा एक सौ चौहत्तर के तहत कठोर कार्रवाई की जायेगी उन्होंने कहा कि इस धारा के तहत गिरफ्तार होने वाले व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ पायेंगे श्री ठाकुर ने कहा कि पूर्व मध्य रेलवे में इस ऐक्ट को अब तक कड़ाई से लागू नहीं किया जा रहा था उन्होंने माना कि इसके कड़ाई से लागू नहीं किये जाने के कारण पूर्व मध्य रेलवे में ट्रेन रोकने की घटनाएं कुछ ज्यादा ही हो रही हैं पथ निर्माण विभाग ने एक्शन प्लान फेज टू में दक्षिण बिहार की लगभग डेढ़ हजार किलोमीटर सड़कों की मरम्मत और चौड़ीकरण के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव ने कहा कि इस कार्य पर लगभग तीन हजार आठ सौ पैंसठ करोड़ रूपये खर्च होंगे उन्होंने कहा कि सड़कों का निर्माण केंद्र और नाबार्ड के सहयोग से किया जायेगा संसदीय कार्य विभाग ने सवालों का जवाब देने के लिये समयसीमा का निर्धारण कर दिया है विधानसभा के सवालों का जवाब पांच दिन पहले और विधान परिषद के सवालों के जवाब दो दिन पहले भेजना होगा संसदीय कार्य विभाग ने इस संबंध में सभी सरकारी विभागों को पत्र भेज दिया है पत्र में संसदीय कार्य विभाग के प्रधान सचिव चैतन्य प्रसाद ने कहा है कि विभाग को मिले अल्पसूचित और तारांकित प्रश्नों का जवाब पांच दिन पहले विधानसभा भेज देना होगा इसी तरह विधान परिषद से मिले सवालों का जवाब दो दिन पहले भेज देना होगा लोक आस्था का महापर्व छठ का चार दिवसीय अनुष्ठान आज नहाय खाय के साथ शुरू हो रहा है महापर्व के पहले दिन छठव्रती नहाय खाय के संकल्प के साथ नदियों तालाबों के निर्मल और स्वच्छ जल में स्नान करने के बाद शुद्ध घी में बना अरवा भोजन ग्रहण कर व्रत की शुरूआत करेंगे कल खरना होगा तेरह नवम्बर को अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य और चौदह नवम्बर की सुबह उदीयमान सूर्य को अर्घ्य अर्पित करने के साथ छठ महापर्व सम्पन्न होगा महापर्व के मौके पर राज्यपाल लालजी टंडन और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं उधर छठ को लेकर राजधानी पटना के बाजारों में रौनक देखने को मिल रही है पर्व की तैयारियों को लेकर सूप दौरा मिट्टी का चूल्हा और अन्य छठ सामग्री की खरीददारी होने लगी है ग्रामीण इलाकों में भी छठ से जुड़ी सामग्री की खूब बिक्री हो रही है राजधानी पटना में छठ व्रतियों की सुविधा को देखते हुये प्रशासन ने तेरह और चौदह नवम्बर को ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव किया है गंगा नदी में आज से चौदह नवम्बर तक नाव के परिचालन पर रोक लगा दी गयी है जिला प्रशासन ने भी व्रतियों की सहूलियत के लिये व्यापक इंतजाम किये हैं पटना के घाटों पर पांच हजार से अधिक जवान तैनात रहेंगे छठ को लेकर सरकारी और निजी अस्पतालों को भी अलर्ट कर दिया गया है पटना जोन के आईजी नैयर हसनैन खान ने बताया कि जोन के सभी पुलिस पदाधिकारियों को दिशा निर्देश दे दिया गया है नदी और तालाबों के आसपास गोताखोर तैनात किये जायेंगे भीड़ भाड़ वाले घाटों पर सीसीटीवी कैमरे भी लगाये जायेंगे विभिन्न जिला मुख्यालयों से हमारे संवाददाताओं ने खबर दी है कि पूरा माहौल भक्तिमय हो गया है नहाय खाय को लेकर सुबह से ही छठ घाटों पर व्रतियों की भीड़ देखी जा रही है उधर रेलवे यात्रियों की सुविधा के लिये विशेष ट्रेनों का परिचालन कर रहा है स्टेशनों पर यात्रियों की बढ़ी भीड़ को देखते हुये सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किये गये हैं बिहार राज्य पथ परिवहन निगम आज से पटना और काठमांड् के बीच रात्रि बस सेवा की शुरूआत कर रहा है यह बस हर दिन रात साढ़े दस बजे पटना से खुलेगी और सुबह होते होते नेपाल की सीमा में प्रवेश कर जायेगी परिवहन निगम के सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि रात्रि बस सेवा शुरू होने से अब हर दिन दो बसें पटना और काठमांडू के बीच चलेंगी उन्होंने कहा कि पटना काठमांडू बस सेवा जीपीएस और वाई फाई से लैस है राजधानी पटना समेत राज्यभर में आज शिक्षा दिवस के मौके पर अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अब्रल कलाम आजाद की जयंती को राज्य में शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है मुख्य समारोह का आयोजन पटना के श्रीकृष्ण मेमोरियल हॉल में किया जायेगा इसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत कई मंत्री और विभागीय अधिकारी मौजूद रहेंगे सिमुलतला आवासीय विद्यालय जुमई में नामांकन के लिये प्रारंभिक परीक्षा की आवेदन की तिथि कल तक बढ़ा दी गयी है मौजूदा सत्र दो हजार उन्नीस बीस के लिये छठी में नामांकन के इच्छुक छात्र छात्रायें बारह नवम्बर तक आवेदन भर सकते हैं यह जानकारी बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने दी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज राजगीर में भूटानी टेम्पल का शिलान्यास करेंगे कार्यक्रम में कई मंत्री विधायक सांसद और स्थानीय प्रतिनिधि माजूद रहेंगे विजय मर्जेट अंडर सिक्स्टीन क्रिकेट के महत्वपूर्ण मुकाबले में बिहार टीम की भिड़ंत ओडिशा से होगी तीन दिवसीय मुकाबला कल से भुवनेश्वर में शुरू हो रहा है गया के इंडोर स्टेडियम में खेली गयी सीनियर राज्य स्तरीय ओपन कुश्ती प्रतियागिता में राजीव यादव प्रिंस जकाउल्लाह राहुल समेत दस पहलवानों ने गोल्ड मेडल जीता और अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रो की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है हिन्दुस्तान ने छठ के मौके पर अमृतसर से डेहरी आ रही महिला की ट्रेन में हत्या से जुड़ी खबर का शीर्षक लगाया है ट्रेन में सिगरेट पीने से रोका तो गला दबा महिला की हत्या इस खबर को अन्य अखबारों ने भी प्रमुखता दी है दैनिक जागरण ने तेजप्रताप यादव से जुड़ी खबर को विशेष खबर के रूप में प्रकाशित करते हुये शीर्षक लगाया है पिता से मिले तेजस्वी व रागिनी लालू निकालेंगे सुलह का रास्ता इसी अखबार ने लिखा है उन्नीस दिसंबर से होगी आरपीएफ कांस्टेबल की प्रतियोगी परीक्षा दैनिक भास्कर ने अपनी सुर्खी में लिखा है पटरी पर प्रदर्शन किया या ट्रेनं रोकीं तो नहीं लड़ पायेंगे चुनाव आरपीएफ के डीजी के हवाले से छपी खबर में अखबार ने कहा है कि फोटो या बीडियो को सबूत बनाकर कोर्ट से दिलायी जायेगी सजा प्रभात खबर ने पटना पुलिस उपद्रव मामले से जुड़ी खबर का शीर्षक लगाया है डीएसपी हटाये गये एसपी पर भी हो सकती है कार्रवाई इसी अखबार ने यौन शोषण कांड के मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर के बालिका गृह भवन को ध्वस्त करने के आदेश की खबर को प्रमुखता से छापा है

और पटना से काठमांडू के लिये आज से शुरू हो रही है रात्रि बस सेवा